राजभवन में आज हुई विष्वविद्यालय समन्वय समिति की बैठक राज्यपाल ने कहा कि विष्वविद्यालय सामाजिक परिवर्तन के संवाहक बनें केन्द्रीय पर्यटन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार केजे अल्फोंस कल धमतरी जिले के गंगरेल में ट्रायबल ट्रिज्म सर्किट का लोकार्पण करेंगे सुकमा जिले में आठ लाख रूपये के एक इनामी माओवादी ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण राज्य खेल अलंकरण मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी को दो करोड़ रूपये दिए जाएंगे इसके अलावा रजत पदक जीतने पर डेढ़ करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को एक करोड़ रूपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी डॉक्टर सिंह ने आज राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य खेल प्रस्कार अलंकरण समारोह में यह घोषणा की उन्होंने कहा कि ओलंपिक खेलों में पहुंचने वाले प्रदेश के खिलाड़ी को दस लाख रूपये दिए जाएंगे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेलों में शामिल होने वाले खिलाडियों का दैनिक भत्ता एक सौ रूपये से बढ़ाकर तीन सौ पचास रूपये करने की भी घोषणा की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाडियों को राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया समारोह में चार सौ सैंतालीस खिलाडियों को लगभग पंचानवे लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई इन खिलाडियों को शहीद राजीव पांडेय पुरस्कार शहीद कौशल यादव पुरस्कार शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार शहीद विनोद चौबे पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों और खेल निर्णायकों को वीर हनुमान सिंह पुरस्कार दिए गए

बैठक में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि विष्वविद्यालय सामाजिक परिवर्तन के संवाहक बनें उन्होंने कहा कि विष्वविद्यालय षिक्षा प्रदान करने के साथ ही समाज के प्रति अपने दायित्व भी निभाएं साथ ही समाज में व्याप्त कुप्रथाओं और कुरीतियों को दूर करने की दिषा में भी प्रयास करें उन्होंने कहा कि विष्वविद्यालय अगले दो वर्ष के लिए इस प्रकार की रणनीति तैयार करें कि उन्हें नैक मूल्यांकन में ए प्लस ग्रेड मिले बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उच्च षिक्षा मंत्री प्रेमप्रकाष पांडेय कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे

अपने प्रवास के दौरान वे धमतरी जिले के गंगरेल में ट्रायबल टूरिज्म सर्किट का शुभारंभ करेंगे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केन्द्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्री अल्फोंस कल नई दिल्ली से नियमित विमान द्वारा सुबह आठ बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल आएंगे यहां से वे सड़क मार्ग होते हुए गंगरेल जाएंगे जहां ट्रायबल टूरिज्म सर्किट का लोकार्पण करेंगे गौरतलब है कि भारत सरकार और पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत धमतरी जिले के गंगरेल में ट्रायबल ट्ररिज्म सर्किट का निर्माण किया गया है इस परियोजना के तहत जशपुर क्नक्री मैनपाट कमलेश्वरपुर महेश्वरपुर सरोधा दादर गंगरेल कोंडागांव नथिया नवागांव जगदलपुर चित्रकोट तीरथगढ़ को मिलाकर ट्रायबल टूरिज्म सर्किट बनाया जा रहा है राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रस्कार राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार वितरण समारोह कल चौदह सितम्बर को राजधानी रायपुर में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम में केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और केन्द्रीय कपड़ा राज्यमंत्री अजय टमटा शामिल होंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होने वाले इस समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी उपस्थित रहेंगे भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय की ओर से इस आयोजन में आठ शिल्पियों को शिल्प गुरू पुरस्कार और पच्चीस शिल्पियों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा समारोह में राज्य के शिल्पी अशोक कुमार चक्रधारी को राष्ट्रीय मेरिट प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा कार्यक्रम स्थल पर राज्य और केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा ग्रामोद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह पहला अवसर है जब राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार वितरण के लिए रायपुर में समारोह आयोजित किया जा रहा है विधानसभा अनुपूरक बजट छत्तीसगढ़ विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र में कल चालू वित्तीय वर्ष के लिए लगभग दो हजार चार सौ तैंतीस करोड़ रूपए का दूसरा अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया इसमें से चौबीस सौ करोड़ रूपए की राशि किसानों को धान का बोनस देने के लिए निर्धारित की गई है इसे मिलाकर अब बजट का आकार बढ़कर करीब चौरानवे हजार करोड़ रूपए हो गया है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि किसानों को प्रति क्विटल तीन सौ रूपए का बोनस दिया जाएगा उन्होंने कहा कि राज्य शासन की प्राथमिकता में किसान पहले क्रम में हैं प्रदेश में एक नवम्बर से धान खरीदी शुरू होगी किसानों को धान के समर्थन मूल्य के साथ बोनस की राशि भी जोड़कर दी जाएगी दूसरे अनुपूरक बजट के अलावा कल सदन में चार विधेयक भी पारित किए गए इनमें विनियोग विधेयक छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक छत्तीसगढ़ कराधान संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर संशोधन विधेयक भी पारित किए गए माओवादी समर्पण मुठभेड़ गिरफ्तार सुकमा जिले में आज एक इनामी माओवादी ने पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के समक्ष आत्मसमर्पण किया

पुलिस महानिरीक्षक श्री सिन्हा ने बताया कि वेट्टी रामा नाम का यह माओवादी पिछले तेईस साल से दोरनापाल इलाके में सक्रिय था साथ ही वह डीवीसी दलम साउथ बस्तर डिवीजन कमेटी का अध्यक्ष और कोंटा एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य कर रहा था आरोप है कि यह माओवादी ताड़मेटला बुर्कापाल किस्टाराम और झीरम जैसी कई बड़ी वारदातों में भी शामिल रहा है इधर नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हई मुठभेड़ में एक वर्दीधारी माओवादी मारा गया है पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला ने बताया कि डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ओरछा थाना क्षेत्र में सर्विंग पर निकली थी इसी दौरान ओरछामेटा और बड़े टोंडेबेड़ा के जंगलों में माओवादियों ने अचानक सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की इस मुठभेड़ में एक वर्दीधारी माओवादी मारा गया बाद में घटनास्थल की तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने मौके से बंद्क हथियार प्रेशर क्कर और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की है वहीं दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा थाना क्षेत्र के दुवालिकरका से सुरक्षा बलों ने दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है ये माओवादी मैलावाड़ा विस्फोट की घटना में शामिल थे कांग्रेस पत्रकारवार्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया है कि विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर केंद्र सरकार किसी भी तरह की जांच नहीं कर रही है आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सदन में राफेल लड़ाकू विमान की खरीदी में हुई कथित अनियमितता का मामला उठाया और सरकार से इस बारे में जवाब देने के साथ ही इस पूरे मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की लेकिन सरकार ने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही इस बारे में कोई जांच बैठाई है गणेश चत्र्थी पूरे देश सहित प्रदेशभर में आज गणेश चत्र्थी का पर्व श्रद्वा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है आज से दस दिन का गणेशोत्सव शुरू हो गया है प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में घरों और सार्वजनिक पंडालों में भगवान गणेश की आकर्षक मूर्तियां स्थापित की गई हैं जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ गणेश प्रतिमाओं को पूजा पंडालों तक ले जाया गया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने गणेश उत्सव के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं चक्रधर समारोह रायगढ़ में आज से चौंतीसवां चक्रधर समारोह शुरू हो रहा है यह समारोह रायगढ़ के महान संगीतज्ञ राजा चक्रधर सिंह की स्मृति में मनाया जाता है बाईस सितंबर तक चलने वाले इस समारोह के दौरान हर शाम देश और प्रदेश के जाने माने कलाकार शामिल होंगे इनमें पद्मश्री भजन सोपोरी पद्मश्री वारसी ब्रदर्स पद्मश्री प्रताप पवार पूर्णिमा अशोक नेहा सिंह और कांतिका मिश्रा सहित अन्य कलाकार अपनी प्रस्तृतियां देंगे वहीं समारोह में प्रर्णाश्री राउत अंकिता राउत वैशाली भूरंगी रश्मि वर्मा और दीपक चंद्राकर जैसे स्थानीय कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री विष्णुदेव साय अब से कुछ देर बाद इस समारोह का शुभारंभ करेंगे इस अवसर पर संसदीय सचिव सुनीती राठिया भी उपस्थित रहेंगी संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ओड़िशा के प्रमुख लोक पर्व नुआखाई के अवसर पर उत्कल समाज सहित सभी लोगों को बधाई दी है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के पूरी रेलवे स्टेशन के यार्ड रिमोडलिंग कार्य के कारण कुछ ट्रेनों का परिचालन चौदह से बीस सितंबर तक प्रभावित रहेगा वहीं नॉन इंटर लॉकिंग कार्य के कारण इक्कीस से चौबीस सितंबर तक कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है महासमुंद जिले में पिथौरा वन परिक्षेत्र के बुंदेली गांव में आज हाथियों के हमले में एक य्वक की मौत हो गई